तीन दिवसीय पराक्रम पर्व समारोह कल से देशमर में शुरू हो गया भारतीय सशस्त्र बलों खासतौर पर विशेष बलों के साहस शौर्य और बलिदान की झांकी प्रस्तुत करने के लिए कल शाम नई दिल्ली के इंडिया गेट लॉन में पराक्रम पर्व का आयोजन किया गया पराक्रम पर्व के उद्घाटन समारोह में रक्षामंत्री निर्मला सीतारामन ने हिस्सा लिया इस अक्सर पर उन्होंने कहा कि दो हजार सोलह में नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक करके भारतीय सशस्त्र बलों ने दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत की असली ताकत क्या है आज हम पराक्रम पर्व मना रहे हैं जिससे भारतीय सेना की शौर्यता की भारत के नागरिक हर एक नागरिक उनको याद करें और जिन शहीदों ने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है उन सबको भी मनन और इचर आकर के हम उनकी याद में कुछ क्षण उनके सम्मानजनक कार्यक्रम के द्वारा उनको समर्पित करें श्रीमती निर्मला सीता रमन ने कहा कि भारत ने यह भी बता दिया है कि वह किसी भी आतंकवादी को अपनी जमीन पर घुसने और गड़बड़ी फैलाने का दुस्साहस नहीं करने देगा रक्षामंत्री ने कहा कि जो लोग आतंक फैलाना चाहते थे उन्हें सर्णिकल स्ट्राइक के जरिए मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया है इस कार्यक्रम में सेना की वीरता को दर्शाता हुआ गीतकार प्रसून जोशी द्वारा लिखित और गायक कैलाश खेर द्वारा गाए गए एक गीत का लोकार्पण भी किया गया सूचना तथा प्रसारण मंत्री एवं खेल राज्य मंत्री राज्यवर्द्वन सिंह राठौर ने पर कहा आजादी को सुरक्षित रखने के लिए बहत से ऐसे लोग है जो दिन रात अपना सेक्रेफाइज करते है समी लोग हमारे देश के अंदर अपने जीवन का रिस्क लेते है और सरहद पार करके हमला करके आते है ताकि देश सुरक्षित रहे आज हम ऐसे सभी लोगों को याद करें जो सियाचिन में खड़े होते हैं बर्फीले पहाड़ों पर समुद्र में समुद्र के नीचे सब जगह तैनात रहते हैं ताकि भारत सुरक्षित रहें

पराक्रम पर्व कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के इक्यावन शहरों में तिरपन स्थानों पर भी समारोह आयोजित किए जा रहे हैं जिनमें भारतीय सशस्त्र बलों के साथ साथ विशेष बलों के पराक्रम को विशेष रूप से दर्शाया जा रहा है कार्यक्रम में सशस्त्र सेनाओं के साहस और पराक्रम को दर्शाने वाले चित्रों और फिल्मों का प्रदर्शन भी किया जा रहा है आज और कल सवेरे ग्यारह बजे से रात दस बजे तक चलने वाले इस कार्यक्रम में सैनिक हथियारों और उपकरणों का भी प्रदर्शन होगा साथ ही लोग जम्म् कश्मीर में आतंकवादियों से बरामद किए गए हथियारों को भी देख पाएंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल जोधपुर में देश के सशस्त्र बलों के अदम्य साहस को दर्शाने वाली पराक्रम पर्व प्रदर्शनी का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में भारतीय सेना के तीनों अंगों के कमांडरों का सम्मेलन राजस्थान में जोधपुर में आयोजित किया गया इस सम्मेलन में रक्षामंत्री निर्मला सीता रमण रक्षा राज्यमंत्री सुमाष भामरे सेना अध्यक्ष जनरल विपिन रावत वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी एस धनोवा और नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लाम्बा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोमाल ने भाग लिया यह सम्मेलन तीनों सेनाओं के सभी संयुक्त मुदों और खा मंत्रालय के बारे में उच्चस्तर पर विचार विमर्श के लिए एकमंच उपलब्ध करा रहा है जोधपुर आने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोणार्क युद्व स्मारक पर उन्नीस सौ पैसठ तथा उन्नीस सौ इकहत्तर के युद्दों में शहीद हुए वीर सैनिकों को श्रद्वांजलि अर्पित की पराक्रम पर्व के अवसर पर प्रदेश के विमिन्न स्थानों पर भी कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं लखनऊ में सेना की मध्य कमान द्वारा दो दिक्सीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है गोरखा रायफल्स रेजीमेंट द्वारा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया इस अवसर पर सेना द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले हथियारों की एक प्रदर्शनी लगाई गई है इस प्रदर्शनी में सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान खासतौर पर इस्तेमाल किये गये अत्याध्रनिक हथियारों को प्रदर्शित किया गया है प्रदर्शनी आज दोपहर दो बजे तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी प्रदर्शनी में सेना की गतिविधियों और हथियारों पर आधारित एक फिल्म का प्रदर्शन भी किया जा रहा है इस प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं को भ्रमण के लिए विशेषतौर पर आमंत्रित किया गया है रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि लखनऊ के अलावा बरेली और मेरठ तथा मध्य कमान के अन्तर्गत जबलपुर देहरादून दानापुर रांची रायपुर तथा गोपालपुर में भी विभिन्न कार्यक्रमो का आयोजन किया जा रहा है तखनऊ में छावनी में कल आर्टिलरी रेजिमेंट का एक सौ इक्यावनवां स्थापना दिक्स गनर्स डे के रूप में मनाया गया इस अक्सर पर मध्य कमान के सेनाव्यक्ष लेफ्टिनेट जनरल बलवन्त सिंह नेगी ने सुर्या कमान के सभी गनर्स परिवार के समी रैकों और उनके परिजनों को शुमकामनाए दी इस अवसर पर युद्ध स्मारक स्मृतिका पर श्रद्दाजलि समारोह का भी आयोजन किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल दिन में ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिये देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे इसे आकाशवाणी और दुरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क द्वारा प्रसारित किया जायेगा यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय सुचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और द्रदर्शन समाचार के यु ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध होगा मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी की वेबसाइट डब्लू डब्लू डब्लू डब्लू डॉट ऑल इण्डिया रेडियो डॉट जी ओ वी डॉट इन पर भी प्रसारण होगा सुचना और प्रसारण मंत्री राज्यक्वन सिंह राठौड़ ने एलेक्सा स्मार्ट स्पीकर प्लेटफार्म पर आकाशवाणी के कार्यक्रमों के प्रसारण का कल शुभारम्म किया नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में आयोजित समारोह में श्री राठौड़ ने कहा रेडियो पापूलर होता जा रहा है प्रधानमंत्री जी ने जो मन की बात करनी शुरू करी उससे और पापूलर हो गया रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं होता लेकिन उनकी काम करने की क्षमता है वह और बढ़ जाती है रेडियो की वजह से बहत से लोग होंगे जो देश विदेश में अपने लोकत स्टेशन को सुनना चाहते होंगे और अब एलेक्सा के माध्यम से वो बिना उटे बिना उंगली हिलाए अपने वॉयस के कमाण्ड से अपने लोकल स्टेशन सुन पाएंगे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कुंम सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा पर्व है इसे पर्यावरण कुंम के रूप में आयोजित करना है श्री योगी वाराणसी में अगले वर्ष इलाहाबाद संगम पर लगने वाले कुंम की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा प्रयागराज में कृंम के लिए आवश्यक सुविधाएं विकसित कर रही है उन्होंने बताया कि इस आयोजन में एक सौ छिहत्तर देशों के प्रतिनिधि भी आयेंगे जिनके लिए अस्थायी निर्माण कराये जा रहे हैं श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार का यह प्रयास है कि यह कुंम ईको फ्रेंडली हो जिससे पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान न हो और आयोजन में स्वच्छ भारत मिशन की छवि भी दिखे